नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने यह जानकारी दी युनिवर्सल स्क्रीनिंग एयरपोर्ट्स पे व्यापक रूप से शुरू हो गई है और आज जब स्टेट्स एडिसनल मेन पावर देंगे तो आज ये पूरी तरह से कार्यान्वित कर दी जायेगी ट्रैवल हिस्ट्री के बेसेस पे कुछ केसेज हमने डिटेक्ट किये थे उसके अलावा कन्युनिटी ट्रांसमिशन के भी कुछ केसेज ऑबजर्ब किये गये हैं इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जो डिस्टीक्स के क्लेक्टर्स हैं उनको इस प्रोसेस में हमलोग एक्टिवली सम्मिलित करें और हर राज्य को रैपिड रिपोंस टीम बनाने को कहा गया है

लेकिन अब इन तीनों का इलाज हो चुका है और उन्हें छुट्टी दे दी गई है डॉ हर्षवर्धन आज राज्यसभा में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार इस बीमारी की रोकथाम से संबंधित तैयारियों पर अधिक ध्यान दे रही है हमने सभी राज्यों को इस बीमारी की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान दे दिया है छह मार्च को सभी राज्यों और संबद्ध मंत्रालयों और अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाई गई है फिर इसे जिला स्तर पर आयोजित किया जायेगा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में इस बीमारी की रोकथाम की तैयारियों की निगरानी और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए नियुक्त किया गया है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्थिति से निपटने से संबंधित तैयारियों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं डॉ हर्षवर्धन ने सदन को बताया कि मंत्रियों के समूहों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी स्थिति की समीक्षा कर रहा है उनका कहना था कि सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आमतौर से स्क्रीनिंग की जा रही है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज कहा कि राज्य में इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित एक भी मरीज नहीं है उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वायरस से पीड़ित सात मरीज पाये गय थे जिनमें से छह आगरा के और एक व्यक्ति गाजियाबाद जिले का रहने वाला था और इन सभी व्यक्तियों का इस समय दिल्ली में इलाज चल रहा है उन्होंने आज लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संदिग्ध एक सौ पच्हत्तर व्यक्तियों के नमूने जांच के लिये भेजे गये थे जिनमें से एक सौ सत्तावन लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है सात लोगों की रिपोर्ट पॉजटिव थी जिनका दिल्ली में इलाज चल रहा है और बचे हये ग्यारह लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार हवाई अड़डा और नेपाल सीमा से होने वाले आवागमन पर निगाह रख रही है और जांच कर रहो है प्रदेश में सात हजार छह सौ चौरासी लोगों की हवाई अड्डों पर जांच की गई है इसके साथ ही सात मेडिकल कॉलेजों और विभिन्न अस्पतालों में आठ सौ बीस आइसोलेसन बेड तैयार किये गये हैं प्रेस वार्ता के दौरान सचारी रोग विभाग की निदेशक डॉक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी ने कहा कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने लोगों से किसी भी किस्म की अफवाह से दूर रहने और अनावश्यक न घबराने की सलाह दो बाइट तीन चीजों पर ध्यान रखें एक तो हाथ बार बार धोये

कर्मचारी निधि कोष संगठन ने निधि कोष जमा राशि पर ब्याज दर आठ दशमलव छह पांच प्रतिशत से घटाकर आठ दशमलव पांच प्रतिशत कर दिया है श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज ईपीएफओ की शीर्ष निर्णायक संस्था सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद यह घोषणा की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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर हुई ओला वृष्टि और तेज बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिये हैं सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ओला वृष्टि और तेज बारिस से प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान की आख्या तत्काल शासन को भेजने के साथ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में कल और आज तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है जिससे फसलों तथा जन सामान्य को नुकसान पहुंचा है मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहत कार्य में शिथिलता बर्दास्त नहीं की जायेगी आज लखनऊ सहित कई जनपदों में ओलावृष्टि के समाचार हैं केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को मनाया जायेगा सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं

प्रदेश में भी महिलाएं सशक्त हो रही हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं आम तौर पर महिलाओं के लिए कठिन माने जाने वाले पुलिस और सेना की भर्तियों में भी महिलाएं बढ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और सफलता हासिल कर रही हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूलिस भर्ती के लगभग पचास हजार सफल अभिर्थियों के नाम की घोषणा की है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा घोषित सिपाही भर्ती परीक्षा में महिता वर्ग में प्रदेश में हरदोई की अंतिमा सिंह ने प्रथम स्थान हासिल किया है एक किसान की बेटी अंतिमा ने अपनी सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान का श्रेय दिया है देश में बेटी बचाओं बेटी पढाओं अभियान चलाया जा रहा है तो मै चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे और बेटियों को आगे बढने का कृष्ठ करने का मौका प्रदान करें बेटियों को आज समाज के धारा में आगे लाने के अपील के साथ पूरा परिवार केन्द्र और राज्य सरकार को धन्यवाद देकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा आज लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में महिला सशक्तीकरण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं और महिलायें मौजूद थीं कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये वक्ताओं ने कहा कि महिलायें समाज के हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल रही हैं समाज को महिलाओं की क्षमता को लेकर अपनी सोच बदलने की जरूरत है

बाइट महिला सशक्तीकरण की दिशा में हमारी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं

मेरठ में एक फैशन तकनीकि संस्थान में जिला प्रशासन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अन्तर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जनपद की पन्द्रह संस्थाओं की लगभग दो सौ छात्राओं ने हिस्सा लिया कार्यक्रम में भ्रूण हत्या और नारी सशक्तीकरण जैसे विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयाजन किया गया विजेताओं को आठ मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुरस्कृत किया जायेगा